पीएम अमेठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार नौजवानों के लिए रोजगार के नये अवसर भी ला रही है और देश के विकास एवं सुरक्षा के लिए नये रास्ते भी खोल रही है उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी तेजी के साथ कम हो रही है हम गरीब को इतनी ताकत दे रहे हैं कि वह अपनी गरीबी से बाहर आये प्रधानमंत्री आज अमेठी के कौहर गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने यहां इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण किया यह रूस की एक फर्म और भारत की आडिनेंस फैक्टरी के बीच संयुक्त उपक्रम है

इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन जल्द ही शुरू हो जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगाजी को जल्द ही धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जायेगा इस अवसर पर जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत किसान सम्मान प्रमाण पत्र एवं ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रो का वितरण भी किया गया कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज राजगढ़ में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में किसानों को प्रमाणपत्र वितरित किये उन्होंने मोहनपुरा कृण्डालिया समूह जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन और विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया

राज्य सरकार ने ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वचनपत्र में किये वादे को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया है श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सबला महिला सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव और अन्य सहयोगी कर्मचारी महिलाओं को ग्रामसभा में भाग लेने के लिए घर घर जाकर प्रेरित करें एफएम ट्रांसमीटर आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर के एफ एम ट्रांसमीटर का लोकार्पण कल केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे आकाशवाणी का यह एफएम ट्रांसमीटर नियमित रूप से विविध भारती के कार्यकमों को अनुप्रसारित करेगा ये प्रसारण एफएम बैण्ड एक सौ एक दशमलव आठ मेगा हट्ज पर उपलब्ध रहेगा तबादला बच्चन प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि तबादला एक सामान्य प्रकिया है और यह हर सरकार करती है उन्होंने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाये गये आरोप से इंकार किया श्री बच्चन आज बड़वानी जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि तबादलों में पूरी सावधानी बरती जा रही है और तबादले आवश्यकताओं के अनुरूप ही किये जा रहे हैं व्याख्यानमाला भोपाल के माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान में भुवनभूषण देवलिया स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया इस अवसर पर चुनाव समाज और मीडिया विषय पर केन्द्रित संगोष्ठी में जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार श्रंवण गर्ग शशिधर खान ने भी अपने विचार व्यक्त किये कार्यक्रम के दौरान विदिशा के पत्रकार गोविन्द सक्सेना को राज्यस्तरीय भुवन भूषण देवलिया पत्रकारिता सम्मान से विभूषित किया गया न्यूज चैनल अब आकाशवाणी के समाचार सुनना और भी आसान हो गया है समाचारों पर आधारित नए चैनल न्यूज ऑन एआईआर को पिछले दिनों शुरू किया गया यह चैनल फ्री डिश के डीटीएच चैनल नंबर एक पर उपलब्ध होगा

राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक एकता पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश पढ़ा गया कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों द्वारा पुलवामा के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर स्थानीय कलाकारो ने देशभक्ति पर केन्द्रित गीतों की प्रस्तुति दी उमरिया नीमचगुना भिण्ड सहित सभी जिलों से भारतीयम कार्यक्रम संपन्न होने की खबरें मिली हैं अशंकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं रेलगाड़ी निरस्त पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के चित्तौड़गढ़ ओरडी शंभूपुरा के मध्य चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है मंडल रेल प्रवक्ता के अनुसार गाड़ियो के बेहतर परिचालन के लिए चित्तौड़गढ़ नीमच के बीच दोहरीकरण का कार्य चल रहा है

पर्यावरण बच्चे पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को द्वारा आयोजित शिविर के माध्यम से प्रदेश में पिछले तीन महीनों के दौरान साढ़े छह सौ से अधिक बच्चों ने प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त की यह शिविर सतपुड़ा कान्हा पेंच बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही रतलाम जिले के सैलाना सिवनी और देवास जिले के अभयारण्य में भी लगाये गये शिविर में बच्चों को पर्यावरण जैव विविधता वन्य प्राणी संरक्षण और प्रकृति के बारे में जानकारियां दी गई कार्यक्रम के दौरान बच्चों को राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का भ्रमण भी कराया गया महाशिवरात्रि देश के विभिन्न भागों के साथ ही प्रदेश में भी कल महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत हर्ष उल्लास और श्रद्धाभाव से मनाया जायेगा

इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी है राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव लक्ष्मीनारायण मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर शिवपुरी के प्राचीन सिद्वेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जायेगी खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर की पालकी निकाली जाएगी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी देश विदेश से श्रद्वालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है इनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किये हैं इस बार सोमवार के दिन ही महाशिवरात्रि पर्व का संयोग बना है इसलिए श्रद्वालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है राजधानी के समीप स्थित भोजपुर शिव मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के मौके पर सोमवार को सुबह से ही संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जायेगा जो देर रात तक चलेगा भोजपुर उत्सव के नाम से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ होंगी

जिसमें पैरालीगल वालियंटर्स द्वारा छात्रों को शिक्षा का अधिकार बाल श्रम महिलाओं के कानूनी अधिकार के साथ ही साइबर क्राइम संबंधी जानकारी दी गई